भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने में लोगों के सुझाव शामिल करने के लिये एक महीने के अभियान की शुरूआत की

प्रधानमंत्री ने कल जम्मू और लेह में कई हजार करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का उदघाटन किया और आधारशिला रखी

भारत के मन की बात मोदी के साथ नाम के इस अभियान का शुभारम्भ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और वरिष्ठ पार्टी नेता तथा गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किया

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश के जरिये सभी से इस अभियान में भाग लेने को कहा है

कल नई दिल्ली मे श्री शाह ने कहा कि गुहमंत्री विधेयक पर कुछ राजनीतिक दलों के साथ पहले भी बातचीत कर चके हैं उन्होंने कहा कि विधेयक के संबंध में सभी के सुझाव लिये जा रहे हैं और आम सहमति बनने पर ही पार्टी इस बारे में आगे बढ़ेगी श्री शाह ने कहा कि यह विधेयक देश के लिए बहत महत्वपूर्ण है

दुनिया भर से करीब एक करोड़ श्रद्वालू प्रयागराज पहुंच चुके हैं मौनी अमावस्या के शाही स्नान को देखते हुए मेला क्षेत्र में व्यापक इंतजाम किये गये है

इन विद्यार्थियों को अमरीकी प्रशासन ने एक फर्जी विश्व विद्यालय में दाखिले के सिलसिले में हिरासत में लिया है वाशिंगटन में उन्होंने आश्वस्त किया कि भारत सरकार इन विद्यार्थियों के साथ है सरकार ने इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है

मुख्य सचिव डी बी गुप्ता इस बारे में कल सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलक्टरों को विर्डियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश दे रहे थे उन्होंने कहा कि इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हये शिविरों का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाये उन्होंने कहा कि संभागीय आयुक्त और जिला कलक्टर उपलब्धता के अनुसार अपने अपने जिलों में आयोजित होने वाले ऋण माफी शिविरों में उपस्थित रहें ताकि पात्र किसान को मिलने वाला लाभ सुनिश्चित हो सके

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये है गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के स्थगन प्रस्ताव के जवाब में कहा था कि न्यायालय के आदेश की पालना के तहत केन्द्रों का नाम बदलकर फिर राजीव गांधी सेवा केन्द्र कर दिया जायेगा

जयपुर के जवाहर सर्किल पर होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और विशिष्ट अतिथि परिवहन राज्यमंत्री अशोक चांदना होंगे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि इस अवसर पर शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने पर्यावरण और स्वास्थ्य रक्षा के संदेश के साथ एक साइकिल रैली का भी आयोजन होगा परिवहन मंत्री इस रैली में हिस्सा लेंगे यह रैली जवाहर सर्किल से प्रारंभ होकर वर्ल्ड ट्रेड पार्क के सामने स्थित उद्यान में समाप्त होगी कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे एनजीओ द्वारा नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति दी जाएगी एक विंटेज कार और मोटरसाइकिल रैली भी निकाली जाएगी इस मौके पर सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में जन सामान्य उपस्थित रहेंगे सड़क सुरक्षा सप्ताह की थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रखी गई है

इस स्वचलित प्लांट से औषधियोँ का निर्माण परिशद्धता के साथ कम लागत से हो पाएगा डॉ शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आयर्वेद के विकास की अपार संभावनाएं हैं देश में पांच आयुर्वेद विश्वविद्यालयों में से एक जोधपुर में है यहां पंचकर्म रसायन शाला और औषधालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं

इसके तहत स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वाईन फ्लू के बारे में जानकारी देने के साथ आवश्यक दवाईयां उपलब्ध कराई जायेगी

तीन दिन के इस फेस्टिवल का आज समापन होगा इस सम्मेलन में दो हजार चिकित्साकर्मी भाग ले रहे है हैल्थ फेस्टिवल के दौरान स्वास्थ्य जांच और परामर्श दिया जा रहा है

इस अवसर पर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कैंसर विजेता सम्मान समारोह आयोजित किया जायेगा इसमें कैंसर विजेताओं के लिये गतिविधिया होंगी और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जायेगा इसके बाद कैंसर चिकित्सक लोगों से रूबरू होंगे और सवालों के जवाब देंगे जैसलमेर सहित कई स्थानों पर कैंसर के बारे में जागरूकता रैली निकाली जायेगी

सवाईमाधोपुर में भी तेज ठण्ड के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है